प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हए कहा कि सभी राज्य और लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं सारे सुझावों को ध्यान में रखते हए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा श्री मोदी ने कहा कि भारत के एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाने से उसे स्थिति से अच्छी तरह निपटने में मदद मिली उन्होंने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट तथा वायरस की रोकथाम वाले क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि संक्रमण का प्रसार नये क्षेत्रों में न हो सके प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने की बीस तारीख तक हॉट स्पॉट के प्रबंधन तथा लॉकडाउन नियमों के अन्पालन के संदर्भ में सभी राज्यों जिलों और क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जायेगी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार उनकी मदद करने का हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि देश में दवा से ले करके राशन तक पर्याप्त भंडार है सप्लाई चैन की बाधाएं लगातार द्र की जा रही हैं हेल्थ इंफ्राटेक्चर के मोर्चो पर भी ध्यान दिया जा रहा हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बाद जिन राज्यों में हॉट स्पॉट नहीं होंगे वहां क्छ शर्तों के साथ महत्वपूर्ण गतिविधियों की अन्मति दी जायेगी उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी

उन्होंने इसे सफल बनाने के लिए लोगों के अन्शासन और संयम की प्रशंसा की श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर की गई तैयारी से इस महामारी पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सका है उन्होंने लोगों से ब्ज्र्गों की विशेष देखभाल करने गरीबों की मदद करने और स्रक्षित द्री बनाये रखने सहित सात प्रकार से सहयोग करने को कहा

पेमा खांड् के नेतृत्व में हए मंत्रीमंडलीय बैठक में म्ख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से मिले समर्थन की सराहना की

राज्य मंत्रीमंडल ने बीस हजार पांच सौ छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रीक स्कॉलरशीप और अरुणाचल प्रदेश वजीफा योजना के तहत अद्वारह हजार चौरानवे छात्रों के लिए जल्द तिरपन करोड़ धनराशि जारी करने का भी निर्णय लिया अरुणाचल प्रदेश का असम अरुणाचल सीमा पर अद्वाईस चेक चेक पोस्ट का लंबा और झरझरा अंतर्राज्यीय सीमा है जिस पर लोगों और वाहनों की आवाजाही की जाँच करनी पड़ती है इसके मद्देनज़र अनाधिक़त प्रवेश की संभावना को देखते हए प्लिस ने गांव ब्ढ़ाओं साम्दायिक आधारित संगठन और गांव के स्वैच्छिक बलों से अंतर राज्यीय सीमा पर चौकसी करवाने की विस्तृत व्यवस्था की है इसके अलावा कई सीमा क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में कई अस्थायी चेक पोस्ट भी बनाए जायेंगे

इधर स्वास्थ्य विभाग के दल ने होलंगी क्षेत्र में ग्रवाहाटी से आएं छात्र और उसके परिवार को क्वारेनटीन कर दिया

इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या दस हजार तीन सौ तिरसठ हो गई